दुर्घटना राजनांदगांव जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के दस सदस्यों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये लोग डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी देवी के दर्शन के बाद भिलाई लौट रहे थे छत्तीसगढ़ में नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्वालु बम्लेश्वरी देवी के दर्शन करने डोंगरगढ़ जाते हैं भिलाई निवासी एक परिवार के सदस्य भी वाहन में सवार होकर राजनांदगांव जिले में स्थित इस देवी मंदिर में दर्शन के लिए गये थे डोंगरगढ़ से लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तिरपन पर सोमनी गांव के पास आज सुबह उनके वाहन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी यह टक्कर इतनी भीषण थी कि नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया दुर्घटना में घायल सात लोगों को राजनांदगांव जिला अस्पताल में भर्ती कराया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर उधर जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा के अर्जुनी गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि सभी वोटिंग मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती आकाशवाणी से विशेष भेंट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पांच राज्यों के आगामी चुनाव में मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीनें भी इस्तेमाल की जाएंगी उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है भारत निर्वाचन आयोग जहां भी ये चुनाव करवाने होते हैं जिन जिन राज्यों में कराने होते हैं उनका पूरा अधिकारी लेवल पर विज़िट करके और फिर बाद में पूरे कमीशन के तौर पर वहां जाकर खुद निरिक्षण करके देख लेते हैं कि वहां तैयारियां पूरी हो गई हैं संतोषजनक हैं तभी वहां पर फिर इलेक्शन के प्रोग्राम की घोषणा करते हैं तो तैयारियों से पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि तैयारियां पूरी पक्की हैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी गलत प्रचारित न किया जाए आयोग ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की निगरानी में एक समूह का गठन किया है समूह ने फेसबुक और टिवटर सहित सभी बड़े सोशल मीडिया समूह के अधिकारियों को बुलाया है इन सभी लोगों ने आयोग को भरोसा दिलाया है कि ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत नहीं जाये बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार इस्तेमाल किए जाने वाले सी विजिल ऐप पर केंद्रित होगा चुनाव के दौरान सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिये कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से सी विजिल ऐप के बारे में हुई इस पूरी बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान भी जोरशोर से चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल रायपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की हर सफलता का श्रेय बूथ में बैठे कार्यकर्ताओं को जाता है उन्होंने कहा कि आज भाजपा ग्यारह करोड़ सदस्य वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है श्री शाह ने कार्यकर्ताओं से आव्हान किया कि वे हर घर हर गांव हर शहर जाकर जन जन तक भाजपा का संदेश पहुचाएं और विजय संकल्प के साथ जुट जाएं वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक रामदयाल उईके ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज पत्रकारवार्ता में कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश की जनता और गरीब के बारे में सोचती है तथा उनका विकास कर सकती है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरे प्रदेश और आदिवासियों का विकास कर रही है इधर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रूचिर गर्ग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज दिल्ली से रायपुर पहुंचे इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया बाद में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए श्री गर्ग ने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल देश के संविधान और धर्मनिरक्षेता को लेकर खड़ा है इस चुनौती का सामना कांग्रेस साहस के साथ कर रही है

चुनाव अभियान समिति के इस कार्यक्रम के तहत कांगेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे कांग्रेस ने नगर पालिका परिषद बागबाहरा के दो पार्षदों सहित तीन लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है दूसरी ओर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने बहुजन समाज पार्टी के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के साथ भी गठबंधन किया है सीपीआई विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग की दो सीटों दंतेवाड़ा और कोंटा से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी ने आज सीपीआई और बसपा के पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित एक संयुक्त पत्रकारवार्ता में यह जानकारी दी इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपनी पार्टी के तीस स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आज अपनी पार्टी के बीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है रेरा आवासीय परियोजना छत्तीसगढ़ भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने सभी बिल्डरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी प्रत्येक आवासीय परियोजना के निर्माण स्थल पर संबंधित परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान ले आऊट सहित सभी विशेष विवरणों की जानकारी बोर्ड लगाकर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में प्राधिकरण ने बिल्डरों को इस संबंध में आदेश जारी किया है आदेश में कहा गया है कि प्रमोटर्स को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान या ले आऊट प्लान बोर्ड लगाकर प्रत्येक प्रोजेक्ट की साइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा बोर्ड अक्षरों की लिखावट और नक्शों का आकार इस प्रकार का होगा कि उन्हें आसानी से पढ़ा या समझा जा सके अनुमोदित ले आऊट की प्रति साइट और बुकिंग कार्यालय में भी रखना अनिवार्य होगा माओवादी गिरफ्तार सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने दो स्थायी वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने कुकानार थाना क्षेत्र के पेदारास साप्ताहिक बाजार से इन दोनों माओवादियों को घेराबंदी कर पकड़ा इन पर कई हिंसक वारदातों और लूटपाट की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है दोनों माओवादियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा दिया गया है इसी जिले में पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के उपमपल्ली में माओवादियों ने एक ग्रामीण की पिटाई कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया घायल ग्रामीण को इलाज के लिए दोरनापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना के बाद से क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है

इस चिटफंड कंपनी पर देशभर में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने का आरोप है

मोर रायपुर क्लब द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चे रंगोली बनाएंगे साथ ही दीये जलाकर मतदान करने के लिए लोगों से अपील करेंगे